उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश में प्राईवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिये जल्द ही विधानमंडल में बिल लाया जायेगा श्री मोदी ने पटना में शिक्षक दिवस समारोह में कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और तमिलनाडू समेत कई अन्य राज्यों में सरकार निजी विद्यालयों को नियंत्रित करती है उसी तर्ज पर बिहार में भी व्यवस्था लागू होगी

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत और मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए शिक्षक दिवस पर आज नई दिल्ली में शिक्षकों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि समाज में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका होती है उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं

अज्ञान के अंधकार को द्र करके ज्ञान की आभा को फैलाना केवल गुरू ही करते सकते हैं इसलिए गुरू को हम भगवान के प्रतिरूप मानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महानुभावों को सादर सत्कार करने के लिए आज हम सम्मिलित हुए हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन उनके अच्छे कार्य निष्पादन के आधार पर किया गया है साउंड बाईट जैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पद्म पुरस्कार में पहल की वैसे ही हमने तय किया कि कुछ नया करेंगे सोचेंगे

इससे पहले उप राष्ट्रपति ने पैंतालीस शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये बिहार से एकमात्र शिक्षक डाक्टर गोपाल जी को यह सम्मान प्रदान किया गया डाक्टर गोपाल जी सीतामढ़ी जिले के राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय बनचौरी में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित हैं इधर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने सत्रह शिक्षकों को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया इनमें से प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के चौदह तथा हाईस्कूल और प्लस टू स्कूल के तीन शिक्षक शामिल हैं समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले तीन जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया नालंदा को पहला पटना को दूसरा और पश्चिम चंपारण को तीसरा पुरस्कार दिया गया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यू आई डी ए आई ने विद्यालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ स्कूलों ने आधार कार्ड नहीं होने पर बच्चों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया है यू आई डी ए आई ने कहा है कि यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों का आधार पंजीकरण कराये और सुविधाएं प्रदान करें पटना उच्च न्यायालय ने दारोगा भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर फिलहाल रोक लगा दी है हालांकि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी न्यायालय ने राज्य सरकार और बिहार राज्य प्रलिस आयोग को इस मामले में जवाब तलब किया है न्यायाधीश शिवाजी पांडेय ने दारोगा भर्ती के लिये हुई मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग वाली एक सौ नब्बे याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया याचिकाओं में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच की मीडिया में रिपोर्टिंग पर पटना उच्च न्यायालय की रोक के आदेश को च्रनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है दायर याचिका में इस आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि यह एक तरह से मौलिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश भर में सभी ईवीएम मशीनों के साथ मतदान प्रष्टि पर्ची वीवीपैट का इस्तेमाल किया जायेगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने चुनाव तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की आज पटना में हुई कार्यशाला के बाद ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि कार्यशाला में सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित तकनीकी जानकारियां दी गयी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कार्यशाला के दूसरे सत्र में राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इस संबंध में जानकारियां दी गयी उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कई चक्र की सुरक्षा जांच के बाद मतदान के लिये उपयोग में लाया जायेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों के घर के सपने को पूरा करने के लिए वरदान साबित हो रहा है बेतिया से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट साउंड बाईट संवाददाता पश्चिम चंपारण जिले के विभिन्न प्रखंडों में आवास योजना के माध्यम से लोगों को पक्का मकान उपलब्ध हो रहा है

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आया है आकाशवाणी समाचार के लिये बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेन्द्र कुमार राय निगरानी जांच ब्यूरो ने सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर और सोनवर्षा प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव रंजन को दो लाख संतावन हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार पदाधिकारी एक ठेकेदार से पशु शेड के निर्माण कार्य के एवज में रिश्वत ले रहा था पूर्व मध्य रेलवे के बरौनी कटिहार रेलखंड पर बेगूसराय के सनहा के पास रेल ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अभी इस ट्रैक पर मालगाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मार्ग पर यात्री ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जायेगा फिलहाल इस रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों को पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिचालन करने के निर्देश दिये गये हैं सहरसा जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव से पुलिस ने एक ट्रक से दो सौ पचास कार्टन शराब बरामद की है मौके से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं गया पश्चिम चंपारण और शेखपुरा में अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर तीन शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है सारण सीवान गया और भोजपुर जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अपराधियों ने चार लोगों की हत्या कर दी उर्दू के जाने माने शायर कैसर सिद्दिकी समस्तीपुरी का समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया वे बयासी वर्ष के थे समस्तीपुरी के निधन पर कला और साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है